कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल ने लोकसेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के दो सौ पद भरने को स्वीकृति दी है शिमला में कल देर शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीनी के दाम में पांच रूपए कटौती की गई है

कल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कृषि की लागत में कमी लाने और जमीन की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया उन्होंने बताया कि इस तरह की प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों उर्वरकों सिंचाई और बिजली पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता जबकि किसानों को इससे काफी लाभ होता है स्रमिति बैठक प्रदेश विधानसभा ग्रामीण नियोजन समिति ने कुल्लू में कल विभिन्न विभागों द्वारा पिछले तीन वर्ष के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति बिकम सिंह जरयाल ने अधिकरियों से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से वन महोत्सव के दौरान स्थानीय युवा व महिला मंडल और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा बैठक में कृषि उद्यान और पशुपालन सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ जिलों में बीती रात से मानसून की वर्षा का कम रूक रूक कर जारी है हालांकि हमीरपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा न होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक राज्य के मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के निर्णय को अपनी अहम खबर बनाया है दैनिक जागरण की सुर्खी है चीनी में मिठास सेहत की आस

हिमाचल दस्तक लिखता है राशन डिपो में चीनी सस्ती

आपका फैसला के मुताबिक जयराम सरकार ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को प्रमुखता देते हुए आपका फैसला लिखता है पार्टी में बर्दाश्त नहीं होगी अनुशासनहीनता अमर उजाला के शब्द हैं वीरभद्र सुक्खू के मतभेद दूर करेंगे दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सुक्खू ही रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष जबकि अजीत समाचार लिखता है एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत करे पक्की प्रधान सचिवों को एसीएस बनाने वाली फाईल अटकी खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है

इसी खबर पर दैनिक भारकर के शब्द हैं कॉलेज स्ट्रडेंट से करते हैं आधी स्कॉलरशिप देने का सौदा फिर करते हैं फर्जी एडमिशन अमर उजाला लिखता है छात्रवृति हड़पने वाले शिक्षण संस्थानों से होगी रिकवरी हिमाचल दस्तक की एक खबर है वन विभाग के नए मुखिया के चयन पर फंसा पेंच मौसम पर अजीत समाचार की सुर्खी है प्रदेश में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय रंग लाएगी पहल में लिखा है कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम बेहतर हैं लेकिन जनता पंचायत प्रतिनिधियों व सरकारी अधिकारियों को भी ईमानदार होना पड़ेगा दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई है शीर्षक है कितनी चीखों के बीच हिमाचल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

नमस्कार